स्कूलों में नौंवी से बारहवीं तक कक्षाए लगी हैं जबकि कॉलेजों में अंतिम वर्ष की कक्षाए शुरू की गयी हैं सरकार ने स्कूल और कॉचिंग संस्थानों के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं दिशा निर्देशों के अनुसार एक कक्षा में आधे बच्चों को एक दिन शेष बच्चों को दूसरे दिन बुलाया जायेगा शिक्षण संस्थानों में प्रार्थना सभा तथा अन्य सामूहिक कार्यक्रम नहीं होंगे पहली से आठवीं तक की कक्षाएं अभी भी बंद हैं और उनके लिए ऑनलाइन पढाई जारी रहेगी शिक्षण संस्थानों में कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की पालना कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिये हैं इन्हीं निर्देशों की पालना में बीकानेर जिला कलेक्टर और सवाई माधोप्र जिला कलेक्टर ने अपने अपने क्षेत्रों में स्कूलों का निरीक्षण कर सुरक्षा उपायों की जांच की सीकर में विभिन्न शिक्षण संस्थान परिसरों में आज विद्यार्थी उत्साहित नजर आए

सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने और देशभर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरूआत हो गई है प्रदेश में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राज्यमंत्री अशोक चांदना ने जयपुर में जवाहर सर्किल से राज्यस्तरीय कार्यक्रम की शुरूआत की

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्भी वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि यातायात नियमों का पालन अवश्य करें और अपनी तथा अन्य लोगों की सुरक्षा के प्रति सदैव जागरूक रहें एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान होने वाली सभी गतिविधियों में अपना कर्तव्य समझकर सक्रिय सहभागिता निभाएं कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा जो चाहे मांग सकते हैं एक समाचार एजेंसी से बातचीत में श्री तोमर ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील की कि वे कल अगले दौर की बैठक में कृषि कानून के हर पहलूओं पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं श्री तोमर ने कहा कि सरकार मंडियों व्यापारियों के पंजीकरण और अन्य मुद्दों से जुड़ी किसानों की चिन्ताओं का समाधान तलाशने के लिए तैयार है इस बारे में किसान संगठनों को प्रस्ताव भेजा जा चुका है उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ पराली जलाने और बिजली के मुद्दों पर भी बात करने को तैयार है

प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का असर और तेज हो गया है जयपुर और बीकानेर में आज सुबह से तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं वहीं न्यूनतम तापमान में भी मामूली गिरावट आई है